इन मंत्रियों को मंगलवार को शपथ दिलाई गई थी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग जनसम्पर्क विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विमानन विभाग लोक सेवा प्रबंधन विभाग अप्रवासी भारतीय विभाग तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग और अन्य विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किये गये हैं अपने पास रखे हैं डॉ विजय लक्ष्मी साधो को संस्कृति चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग का दायित्व सौंपा गया है सज्जन सिंह वर्मा को लोक निर्माण तथा पर्यावरण विभाग आवंटित किये गये है बाला बच्चन को गृह और जेल विभाग जबकि तरूण भानोट को वित्त विभाग दिया गया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री बनाया गया है हक्म सिंह कराड़ा जल संसाधन विभाग का दायित्व सम्भालेंगे डॉ गोविन्द सिंह को सहकारिता विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है आरिफ अकील को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग आवंटित किये गये है बुजेन्द्र सिंह राठौर को वाणिज्य कर विभाग सौंपा गया है प्रदीप जायसवाल को खनिज साधन विभाग आवंटित किया गया है लाखन सिंह यादव पशुपालन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का दायित्व सम्भालेंगे तुलसी सिलावट लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाये गये है गोविन्द सिंह राजपूत राजस्व तथा परिवहन विभाग का दायित्व सम्भालेंगे इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास विभाग आवंटित किया गया है ओमकार सिंह मरकाम जनजातीय कार्य विभाग विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्वघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग मंत्री होंगे प्रभुराम चौधरी स्कूल शिक्षा मंत्री बनाये गये है प्रियव्रत सिंह को ऊर्जा विभाग आवंटित किया गया है सुखदेव पांसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री होंगे उमंग सिंघार वन मंत्री बनाये गये है हर्ष यादव को कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा नवीन एवं ऊर्जा विभाग आवंटित किया गया है जीतू पटवारी को खेल एवं युवा कल्याण तथा उच्च शिक्षा विभाग को दायित्व सौंपा गया है कमलेश्वर पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाये गये है लखन घनघोरिया सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण का दायित्व सम्भालेंगे महेन्द्र सिंह सिसोदिया श्रम मंत्री होंगे पीसी शर्मा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मंत्री बनाये गये है प्रद्यमन सिंह तोमर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री होंगे सचिन सुभाष यादव को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का दायित्व सौंपा गया है सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल को नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा पर्यटन विभाग आवंटित किये गये है

साथ ही यूरिया ट्रांजिट के लिये रैक की उपलब्यता भी बढ़ी है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछले दिनों इस संबंध में केन्द्रीय उर्वरक मंत्री और केन्द्रीय रेल मंत्री से चर्चा की थी

वीडियो कॉन्फ्रेंस में किसानो को उर्वरक की सुलभता उपलब्ध यूरिया सहित अन्य उर्वरकों का किसानों को वितरण आदि पर प्रमुखता से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ राजेश राजौरा ने बताया कि प्रदेश को मिल रहे यूरिया को व्यवस्थित तरीके से वितरण और इस पर लगातार नजर रखने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये गये हैं पुलिस बल प्रयोग मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रायसेन और शिवपुरी जिले के करैरा में यूरिया खाद लेने आए किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित बलप्रयोग की घटनाओं को आज गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक से इनकी जांच के लिए कहा है मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक से यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा है कि यह बलप्रयोग अनावश्यक था या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया उन्होंने कहा कि अनावश्यक बलप्रयोग करने पर संबंधित पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई होना चाहिए

इसके अलावा बाल यौन उत्पीड़न के अन्य अपराधों की भी सजा कड़ी करने का प्रस्ताव है बच्चों के हित संरक्षित करने और बाल यौन अपराध को रोकने के उद्वेश्य से लाया जा रहा पाक्सो संशोधन विधेयक संसद के इसी सत्र में पेश किया जा सकता है साइबर सुरक्षा गृहमंत्रालय ने स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पक्षों की जानकारी देने के लिए पुस्तिका जारी की है विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा हैंडबुक में साइबर अपराधों और ई मेल जालसाजी संबंधी समस्याओं का उल्लेख है इसमें छात्रों को ई मेल पर अनजान लोगों का मैत्री प्रस्ताव स्वीकार न करने की सलाह दी गई है इस हैंडबुक में गोपनीय जानकारी हासिल करने रोजगार संबंधी धोखाधड़ी और ई मेल का सही स्रोत छुपाने जैसे विभिन्न साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए गए हैं इसका उद्देश्य लोगों विशेषकर विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक बनाना और इनसे सुरक्षा उपलब्ध कराना है

यह इस कार्यक्रम का इक्यावन वां संस्करण होगा

इसका सबसे ज्यादा असर राजधानी भोपाल में रहा जहां रात का तापमान चार दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो पिछले दस वर्षो में सबसे कम तापमान है वहीं बैतूल प्रदेश का सबसे ठंडा नगर रहा जहां न्यूनतम तापमान दो डिग्री पर पहुंच गया

इसके अलावा खजुराहो और उमरिया में कड़ाके की ठंड़ पड़ रही है जहां पारा तीन डिग्री रिकार्ड किया गया मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बैतूल होशंगाबाद उमरिया और छतरपुर जिलों कें कुछ स्थानों पर पाला पड़ सकता हैं

इस दौरान आज जिले की पिछोर खनिया धाना करेरा और नरवर में पुरूष नसबंदी शिविर आयोजित किये जा रहे हैं